इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का शालन करें

आज दिल्ली में कोविड का द्रसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दृष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बह्त कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पडती मख्यमंत्री कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिडिया से बातचीत में कहा कि जनता के सहयोग से ही कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सकता है म्ख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए वहां से आ रहे संक्रमण पर नियंत्रण के उपायों के लिए भी ब्रेन स्टॉर्मिंग जारी है हमारा हरसंभव प्रयास है कि लम्बी अवधि का लॉकडाउन नहीं हो प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसलिए भोपाल से लेकर उज्जैन तक सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने निजी अस्पतालों को निर्देश दिये कि वे कोरोना पॉजीटिव पेर्शेट को सरकारी अथवा निजी हॉस्पिटल में रैफर करने के पहले जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई रैफरल कमेटी की अन्मति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें

राष्ट्र ति सर्जरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी की गई है इससे पहले पिछले सप्ताह राष्ट्रपति को सीने में तकलीफ के बाद दिल्ली के सेना अन्संधान और रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था बाद में उन्हें एम्स स्थानांतरित कर दिया गया मंदसौर हादसा मन्दसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र के जुनापानी तालाब में नहाने गए दो किशोरों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने दोनों मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की

भाजपा उम्मीदवार राहल सिंह ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा विकास और जनकल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है राहल सिंह लोधी के सामने कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है

प्रदेश आगजनी प्रदेश में आज कई स्थानों पर आग लगने से फसलपशुओं के साथ साथ लाखों रुपए की संपति का नुकसान हआ न्ना जिले में उत्तर वन मंडल क्षेत्र के जंगल बीते कई दिनों से सुलग रही आग ने आज सुबह पन्ना शहर के निकट चोपड़ा मंदिर और पुराना पन्ना क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है वन अमला आग ब्झाने के प्रयासों में जुटा हआ है उधर मुरैना जिले में भी अचानक आई तेज आंधी के बाद पोरसा के पूठ का पूरा में एक दर्जन से अधिक द्वधारू पशुओं की मौत हो गयी

वहीं सीहोर के मंडी थाने के पास बने इंडस्ट्रीयल एरिया में भूसे से ग्टके बनाने वाली एक औद्योगिक इकाई में अचानक आग लगने से लाखों रुपये की संपति जल गई नगर पालिका के दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया संवेदना सेवा कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग सेवा श्रू की है

नबाबी होली देश और प्रदेश में होलिका दहन के बाद स्बह से रंग खेले जाते हैं लेकिन सीहोर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां नबाबी काल से होली दूसरे दिन ज्यादा उत्साह के साथ मनाई जाती है इसलिए आज सीहोर में जमकर रंग बरसा दरअसल नबाबी दौर में नबाब भोपाल हमीदुल्लाह साहब अपनी प्रजा के साथ होली खेलने द्रसरे दिन सीहोर आते थे